मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी

बैठक में मुख्य सचिव विनित चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अध्यापकों से छात्रों को संस्कारयुक्त और नैतिक शिक्षा देने का आह्वान किया है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके आज शिमला में एक निजी स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किए शिक्षा मंत्री ने स्कूली बच्चों को गुणात्मक बुनियादी शिक्षा देने पर विशेष बल दिया ताकि उच्च शिक्षा के लिए उनका मजबूत आधार बन सके

मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में पिछले तीन दिन से रुक रुक कर भारी हिमपात व अन्य जिलों में लगातार वर्षा से सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त है जिला लाहौल स्पीति में भारी हिमपात से लगातार हिमस्खलन की सूचना है जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है हिमपात से लाहौल घाटी में संचार व बिजली बाधित है और ग्राम्फू काजा मार्ग पर जगह जगह सैलानी फंसे हुए हैं मनाली लेह मार्ग में दारचा से जिंगजिंग बार के बीच करीब तीन सौ लोगों के फंसे होने की सूचना है कुल्लू जिले में लगातार हो रही बारिश ने खूब तबाही मचाई है और भारी बारिश को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज सुबह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और अधिकारियों को आपदा की स्थिति से निपटने के त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे लकड़ी रेत व अन्य सामग्री इकट्ठी करने के लिए नदी नालों के किनारे न जाएं किन्नौर जिला की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा हो रही है

जनजातीय क्षेत्र भरमौर के होली में सड़क मार्ग बंद होने पर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने गए करीब एक हजार स्कूली बच्चे व ढाई सौ के करीब अध्यापक वहां फंसे हैं कांगड़ा जिले की धौलाधार पहाड़ियों में बादल फटने से न्यूगल खड्ड में आई बाढ़ से पालमपुर का सौरभ वन विहार तबाह हो गया है इसके अलावा यहां तैनात कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया है जबकि एक कार पानी में बह गई है उधर मंडी जिले में लगातार बारिश हो रही है जिससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है बीबीएमबी पंडोह कार्यालय के अधिशाषी अभियंता के मुताबिक पंडोह डैम में जलस्तर और सिल्ट की मात्रा बढ़ गई है ऐसे में आज और कल सायं चार बजे तक बांध से पानी छोड़ा जा रहा है ऐसे में ब्यास नदी के किनारे रहने वाले लोगों और सैलानियों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई है

हालांकि भूकंप से किसी प्रकार के जान माल के नुक्सान का कोई समाचार नहीं है सोलन में मूसलाधार बारिश से सात गौशालाएं और एक घर जमींदोज हो गया है परवाणू में चक्की मोड़ के पास एक गाड़ी पर बड़ी चट्टान गिर गई मगर इसमें सवार तीन लोग सुरक्षित बच गए